प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन का विषय अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास पूरी तरह उपयुक्त है उन्होंने कहा कि नवाचार विकास का आधार बन गया है इसलिए आवश्यक हो गया है कि ॅसदस्य देश इस क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करें प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को दस खरब डॉलर का नुकसान हुआ है

राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केन्द्रों पर पानी और छाया सहित सभी आवश्यक इंतजाम किये है मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने मतदाताओं से निर्भय होकर वोट डालने की अपील की है इस बीच प्रत्याशी अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए अंतिम कोशिश कर रहे है प्रचार के कल शाम समाप्त हो जाने पर घर घर जाकर सम्पर्क किया जा रहा हैं

इस संबंध में कल रात मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अब तक की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए कि पक्षियों की मौत के कारणों की जांच कर प्रभावी कदम उठाए जाएं साथ ही मृत पक्षियों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए ताकि किसी प्रकार का संक्रमण फैलने की आशंका नहीं रहे मुख्यमंत्री ने पक्षियों को बचाने के लिए एक और रेस्क्यू सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं

इस बीच भोपाल भेजी गयी जांच की रिपोर्ट आ गई है जिसमें पक्षियों की मौत बर्ड फ्ल्यू से नहीं होना बताया गया है

उत्तर पश्चिमी जिलों में कई जगह बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार है बीकानेर में देर शाम तक बूंदाबांदी के साथ ठण्डी हवाएं चलने से लोगों को सर्दी से बचने का इंतजाम करते देखा गया जयपुर और नागौर में बादल छाये रहे सीकर में सर्द हवाओं के साथ रात को अचानक तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया

इस बीच मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि दो दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा